केन्द्र सरकार और किसान संगठनों के बीच सातवें दौर की वार्ता कल नई दिल्ली में संपन्न अगली बैठक शुक्रवार को

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुणवत्ता और विश्वसनीयता ब्रांड इंडिया के आधार स्तंभ होने चाहिए वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कल राष्ट्रीय मापिकी सम्मेलन दो हजार इक्कीस के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री ने यह बात कही भारतीय पैज्ञानिकों और तकनिकी विशेषज्ञों द्वारा हासिल की गई सफलताओं की सराहना करते हए श्री मोदी ने विशेष रूप से देश में तैयार किये गये दो कोरोना टीकों का उल्लेख किया प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में शीघ्र ही विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान श्रू किया जायेगा नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलबंध लेकर आया है भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं दो दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोप्रेम भी शुरू होने जा रहा है इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्वे है प्रधानमंत्री ने कहा कि उद्योग और संस्थानों के बीच बेहतर सहयोग स्थापित करने के सरकार के प्रयासों से देश में कई विश्वस्तरीय अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना हुई है उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से भारत इस समय विश्व नवाचार रैंकिंग में पहले पचास देशों में शामिल है श्री मोदी ने कहा कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा अन्य विज्ञान संस्थाओं ने वैश्विक महामारी का हल खोज लिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट में वैज्ञानिक संस्थाओं की भूमिका की देश ने सराहना की है

यहां से निकले समाधानों ने देश का पथ प्रशस्त किया है सीएसआईआर एनपीएल ने देश के विकास के साइटिफिक एवोल्यूशन और ईवेल्यूशन दोनों में अपना अहम रोल निमाया है श्री मोदी ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों से देश में छात्रों के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा उन्होंने कहा कि इससे यूवा वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी तैयार करने में मदद मिलेगी मैं चाहूंगा कि सीएसआईआर वैज्ञानिक देश के ज्यादा से ज्यादा स्कूलों के साथ छात्र छात्राओं के साथ संवाद करें कोरोना काल के अपने अनुभवों को और इस शोष क्षेत्र में किए गए कामों को नई पीढी से साझा करें इससे आने वाले कल में आपको युवा वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी तैयार करने में उन्हें प्रेरित करने में बड़ी मदद मिलेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए नए मानक विकसित करने होंगे श्री मोदी ने कहा कि देश के सामने आज नई चुनौतियां और लक्ष्य हैं प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय परमाणु समयमापक और भारतीय निर्देशक द्रव्य को भी राष्ट्र को समर्पित किया और राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला की आधारशिला रखी राष्ट्रीय परमाणु समय मापक भारतीय मानक समय को दो दशमलव आठ नैनो सेकंड की सटीकता के साथ दर्शाता है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन कार्य भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप संचालित किया जायेगा उन्होंने कहा कि केन्द्र के दिशा निर्देशों के अनुसार पहले चरण सहित अन्य चरणों में कोरोना वैक्सीनेशन की कार्रवाई सम्पादित की जाये

उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन के लिये ड्राई रन की कार्रवाई पूरी प्रतिबद्वता से की जाये इससे वैक्सीनेशन के कार्य को सुगमतापूर्वक संचालित करने में सुविधा होगी गौरतलब है कि आज प्रदेश के सभी जनपदों में वैक्सीनेशन से पूर्व ड्राई रन का आयोजन किया जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीन के सुरक्षित भंडारण और प्रभावी कोल्ड चेन व्यवस्था तथा बेहतर परिवहन के लिये सभी व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित कर ली जाये साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि राज्य में प्रतिदिन डेढ़ लाख नमूनों की जांच हो उन्होंने कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस व्यवस्था को लगातार प्रभावी बनाये रखने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार के लिये किसानों का हित सर्वोपरि है उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर प्रदेश में धान खरीद को पूरी तेजी से संचालित करने के निर्देश दिये गये हैं और किसानों को एमएसपी का लाभ सुनिश्चित कराने के लिये कहा गया है उन्होंने कहा कि धान क्रय केन्द्रों पर आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त कांटों की व्यवस्था करते हुए धान की खरीद की जाये मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान विभिन्न विमागों की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा प्रतिदिन धान खरीद की समीक्षा की जाये उन्होंने पीएम कुसुम योजना के कार्यो में तेजी लाने के भी निर्देश दिये केन्द्र सरकार ने कल नई दिल्ली में विज्ञान भवन में किसानों से संबंधित मुद्दों पर किसान संगठनों के साथ सातवें दौर की बातचीत की बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश और विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में क्रषि मंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों पर चर्चा करें लेकिन बैठक बेनतीजा रही श्री तोमर ने कहा कि सरकार और किसान संगठनों ने मुद्दे के सौहार्द्रपूर्ण समाधान के लिए आगे की चर्चा के लिए आठ जनवरी यानी शुक्रवार को बातचीत के लिए बैठक करने का फैसला किया है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को डिजी लॉकर को अपनाने के लिए तेजी से काम करने को कहा है एक ट्वीट में श्री जावड़ेकर ने कल कहा कि सरकार नागरिकों को बिना किसी परेशानी और उनके अनुकूल सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के दृष्टिकोण की दिशा में काम कर रही है सरकार ने इस साल पहली जनवरी से दस्तावेजों को जारी करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए डिजी लॉकर के साथ अपनी सभी प्रणालियों को एकीकृत करने का निर्णय लिया है सेना में सैनिक श्रेणी में महिला सैन्य पूलिस के दूसरे बैच की भर्ती रैली की प्रक्रिया श्रू की जा रही है यह खली रैली आगामी अट्ठारह से तीस जनवरी के मध्य आयोजित की जायेगी पत्र सुचना कार्यालय रक्षा शाखा की विज्ञप्ति के अनुसार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी जिलों के अम्यर्थियों के लिये भारतीय सेना में महिला सैन्य पुलिस सैनिक जनरल ड्यूटी के नामांकन के लिये एएमसी सेन्टर एंड कॉलेज लखनऊ के स्टेडियम में भर्ती रैली का आयोजन किया जायेगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के समी जनपदों की पांच हजार आठ सौ अट्ठानवे महिला उम्मीदवारों के इस रैली प्रक्रिया में शामिल होने की उम्मीद है रैली के बारे में पात्रता मानदंड तथा अन्य निर्देशों के बारे में जानकारी पिछले वर्ष सत्ताईस जुलाई को जारी अधिसूचना के माध्यम से दे दी गई है विस्तृत जानकारी वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट एनआईसीडॉट इन पर उपलब्य है गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में श्मशान की छत गिरने की दुर्घटना के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है इनमें नगरपालिका परिषद की कार्यकारी अधिकारी नीहारिका सिंह अवर अभियंता चन्द्रपाल और निरीक्षक आशीष शामिल हैं इस दुर्घटना के संबंध में पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी इस बीच इस दुर्घटना में घायल दो और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या पच्चीस हो गई है तेरह अन्य लोगों का विभिन्न अस्पतालों में अभी इलाज चल रहा है आगामी दो दिनों के दौरान प्रदेश के पश्चिमी हिस्से के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और घने कोहरे की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार आज और कल राज्य के पश्चिमी क्षेत्रों में गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है